शनिवार को पटना का प्रद्षण इंडेक्स चार सौ सात के गंभीर स्तर तक पहुंचा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की उनसठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने वाली शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करेगा शिवसेना एनसी पी कांग्रेस ने मिलकर उच्चतम न्यायालय में कल रात याचिका दायर की इस याचिका में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय को रद्द करने और विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए चौबीस घंटे के भीतर तत्काल सदन में शक्ति परीक्षण कराने की मांग की गई है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पटना देश के एक सौ चार शहरों में सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है जारी आंकड़ों के अनुसार पटना में प्रद्षण इंडेक्स चार सौ सात के गंभीर स्तर तक पहुंच गया है जबकि मुजफ्फरपुर का प्रद्षण इंडेक्स तीन सौ संतानवे और गया का प्रद्षण इंडेक्स तीन सौ चार है उप मुख्यमंत्री और पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश के प्रदूषण स्तर के सुधार को लेकर सरकार प्रयास कर रही है इसके लिये अधिक से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की दिशा में प्रयास जारी है उन्होंने कहा कि सरकार ने विज्ञान से बारहवीं पास भी प्रदूषण जांच केंद्र का लाईसेंस देने का निर्णय लिया है गौरतलब है कि राज्य में अभी प्रद्षण जांच केंद्र खोलने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री है प्रदेश में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभर्थियों को अब मतदाता पहचान पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों के लिये आधार कार्ड के अलावा ईपिक को भी अनिवार्य कर दिया है समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने बताया कि पेंशन आवेदनों की जांच और पेंशन के भुगतान की स्वीकृति आधार कार्ड ईपिक कार्ड और पीएफएमएस प्रक्रिया द्वारा आवेदनों की स्वीकृति निदेशालय स्तर पर ही मिल जायेगी बिहार विधान परिषद के पटना शिक्षक और पटना स्नातक चुनाव के लिये मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस पर दावा आपत्ति नौ दिसंबर तक किया जा सकता है पटना स्नातक क्षेत्र में पचहत्तर हजार चार सौ तैंतीस जबकि शिक्षक क्षेत्र में आठ हजार चालीस मतदाता हैं प्रदेश के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है पटना में सुबह हवा में नमी की मात्रा बढ़कर छियासी प्रतिशत पहुंचने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है अधिकांश हिस्सों में आज सूबह आंशिक रूप से कोहरा छाया हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना सहित प्रदेश के कई इलाकों में आंशिक रूप से कोहरा छाया रहेगा और साथ ही तापमान में औसत एक डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर जी ने देश के अधिकांश भागों में गुरु नानक देवजी की शिक्षाओं का प्रचार किया था गुरु तेग बहादुर जी ने एक सौ ग्यारह शबद और पंद्रह रागों की रचना की थी और उनकी शिक्षाओं और रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से प्रेम सदभाव करुणा भलाई के मूल्यों का प्रसार करने और सभी के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लेने के अपील की है अयोध्या से चली श्रीराम की बारात आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचेगी इस अवसर पर मां जानकी से जुड़े सीतामढ़ी शहर में जानकी स्थान पुनौरा धाम और जनकप्र धाम सहित कई मठ मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है इधर बक्सर में सिय पिय महोत्सव में श्रीराम कथा बाचक मुरारी बापू का कथा बाचन का आयोजन किया जा रहा है गया के महाबोधि मंदिर सलाहकार समिति ने बौद्ध महोत्सव में जापान और कोरिया के कलाकारों के प्रस्तुति के लिये आमंत्रित किया है सलाहकार समिति की बैठक के बाद समिति के सचिव और मगध प्रमंडल के आयुक्त अंसगवा चुवा आओ ने कहा कि इससे बौद्ध देशों में महोत्सव के प्रति आकर्षण बढ़ेगा इस बैठक की अध्यक्षता म्यांमार के राजदूत के प्रतिनिधि कांसूल जरनल ने की पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रभात कुमार झा और सेवानिवृत न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से मुंगेर विधिज्ञ संघ सभागार में स्वर्गीय अधिवक्ता गंगा प्रसाद यादव के तैल चित्र का अनावरण किया इस मौके पर न्यायाधीश द्वारा मुंगेर व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया गया और लंवित मुकदमों के जल्द निबटारा का निर्देश दिया गया पटना के बिहटा में सड़क हादसे के दौरान एक कार में आग लगने से चालक की जलकर मृत्यु हो गयी जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रक से सीधी टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गयी मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत आज गोपालगंज में सेविका सहायिका और महिला पर्यवेक्षिका अपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर घुमकर महिलाओं से आवेदन प्राप्त करेगी दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य व्यावसाय और प्रशासन विभाग के एमबीए के तृतीय सेमेस्टर सत्र दो हजार अठारह बीस की परीक्षा कल से शुरू होगी पटना में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज आर्मी ब्यॉज और पटना हॉकी अकेडमी के बीच खेला जायेगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आर के राय फाउंडेशन और भोजपुर के साथ होगा पटना में खेली जा रही स्टेट जूनियर बिलियर्ड्स में आयुष ने खिताब पर कब्जा जमाया कोलकाता में आयोजित सब जूनियर नेशनल वुशू प्रतियोगिता के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र में सरकार गठन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तार ने महाराष्ट्र में सरकार गठन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है महा उलट फेर महाराष्ट्र में पल में तोला पल में माशा फड़णवीस का दावा एक सौ तिहत्तर विधायक एनसीपी का दावा एक सौ चौवन विधायक प्रभात खबर का शीर्षक है महाराष्ट्र में महा उलट फेर सुबह में शपथ ग्रहण रात में एनसीपी का एक्शन अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद दैनिक भास्कर पावरफुल पॉलिटिक्स को सुर्खी बनाते हुये लिखता है सुबह के किंगमेकर अजित पवार शाम के चेंजमेकर शरद पवार दैनिक जागरण की सुर्खी है हाजीपुर से मुथूट फाइनेंस से बीस करोड़ रूपये मूल्य का पचपन किलोग्राम सोना लूटा दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने भी महाराष्ट्र में सरकार गठन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

शनिवार को पटना का प्रद्षण इंडेक्स चार सौ सात के गंभीर स्तर तक पहुंचा